मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से इस प्रस्ताव की स्वीकृति का अन्रोध किया है जिस पर उन्होंने अपनी सैद्वांतिक स्वीकृति दी म्ख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर से म्लाकात कर राज्य से संबंधित मामलों पर चर्चा की

राज्य सरकार ने इनके रोजगार के लिए म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अनेक कदम उठाए हैं

म्ख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जंगली जानवर खेती को न्कसान पहुंचाते हैं इसकी रोकथाम के लिए वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाने की जरूरत है नाबार्ड विचार गोष्ठी सहकारिता राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि नाबार्ड की मदद से सहकारिता में जनहित के काम किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्य के लिये शॉर्ट टर्म लोन की रकम बढ़ाई गई है देहरादून में नाबार्ड के सहयोग से सहकारिता सशक्तिकरण विषय पर एक विचार गोष्ठी में उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में नाबार्ड महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है नाबार्ड की मदद से बदरीनाथ धाम में बैंक की शाखा ख्लने जा रही है

कार्यक्रम में नाबार्ड के अध्यक्ष ने भी शिरकत की इससे पहले कल म्ख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य के विकास में नाबार्ड के सहयोग से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक हई थी जिसमें उन्होंने नाबार्ड को सौंग बांध के निर्माण ग्रोथ सेन्टरों के विकास और ग्राम लाइट योजना को बढ़ावा देने में सहयोगी बनने की अपेक्षा की थी नाबार्ड के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री को राज्य के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया बदरीनाथ मास्टर प्लान पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा है कि बद्रीनाथ में रह रहे लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हए बद्रीनाथ धाम को एक आध्यात्मिक टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया बद्रीनाथ मास्टर प्लान की विस्तार से जानकारी देते ह्ए पर्यटन सचिव ने विभिन्न विभागों से बद्रीनाथ में प्रस्तावित और निर्माणाधीन कार्यों पर भी चर्चा की उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए ही बद्रीनाथ में आगे के निर्माण कार्य किए जाए पर्यटन सचिव ने प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर बद्गीनाथ में डिटेल सर्वे करने सर्वे के आधार पर भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव तैयार करने और प्रभावित लोगों के प्र्नवास के लिए लैंडबैंक तैयार करने को कहा

जिलास्तरीय सड़क स्रक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि ओवरस्पीड ओवर लोडिंग बिना लाइसेंस और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए उन्होंने दुर्घटनाओं की रोकथाम और नियंत्रण के मद्देनजर सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप लगाने का कार्य शतप्रतिशत करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि औदयोगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए साइकिल सवार कार्मिकों की साइकिल में अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्टर टेप और सुरक्षा टेप लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाए जल स्रोत संवर्धन टिहरी जिले के फलेण्डा गांव में जिला पंचायत निर्मित प्राकृतिक जल स्रोत संरक्षण संवर्धन का उदघाटन किया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने ग्रामीणों की सराहना करते हए कहा कि जन सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि जिले में सभी प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से काम करेगा

इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आई सी एम आर ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविरैप की दक्षता को मान्यता दे दी है इस नैदानिक प्रौद्योगिकी को खडगप्र के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई आई टी के शोधार्थियों ने विकसित किया है कोविरैप विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकती है यह जांच किफायती है और एक घंटे के अंदर परिणाम मिल सकते हैं जांच की यह विधि अत्याधिक विश्वसनीय और सटीक है यह उपकरण सस्ता है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है जांच के परिणाम मोबाइल ऐप्लीकेशन से मिलते हैं इसलिए मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती

उन्होंने कहा कि करीब सात महीने से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं

विद्यालय खुलने पर छात्र छात्राओं को भी सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा सभी शैक्षणिक कार्य गाइडलाइंस के अन्सार ही संचालित किए जाएंगे उत्तराखंड निवास म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन उत्तराखण्ड निवास का निरीक्षण किया म्ख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य ग्णवत्ता बनाए रखते हुए तय की गई समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए

भवन में भू तल को शामिल करते हुए कुल सात तल बनाए जाएंगे भवन उत्तराखण्ड वास्तुकला शैली में बनाया जायेगा यह पांच सितारा ग्रीन भवन है इसका अपना सीवेज सोधन संयंत्र होगा

इस भवन का काम अगले साल दिसम्बर तक पूरा कर दिया जायेगा

हरिदवार महाकृभ हरिद्वार महाकृभ के लिए मंगलौर से दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाइवे और कावड़ पटरी का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में निर्माण कार्यो में विलंब हुआ है लेकिन सरकार के प्रयास से अब नेशनल हाईवे और कावड़ पटरी का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है